निशंक राज्यसभा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा पद्धति में बड़े बदलाव की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षा की गुणवत्ता नवोन्मेष और अनुसंधान को और अधिक बेहतर करेगा राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत विश्व में एक महाशक्ति के रुप में उभरेगा नागरिकता संशोधन बिल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नागरिकता बिल के लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जिस तरह के सुधारात्मक कदम अपने इस कार्यकाल में उठाए गये हैं वे बहुत ही ऐतिहासिक हैं उन्होंने कहा कि चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला हो अथवा हमारे पड़ोसी देश में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करने का मामला हो इस संबंध में उठाया गया यह कदम सराहनीय है

इससे प्रतीत होता है कि या तो उन्हें धर्मांतरण करने को विवश किया गया या प्रताड़ित कर देश छोड़ने को विवश किया गया इस प्रकार के पीड़ित लोगों को भारत सरकार शरण देकर उन्हें नागरिकता प्रदान करती है तो यह स्वागत योग्य कदम है

राज्य सभा ने कल रात इस विधेयक को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं आज खारिज कर दी गईं हैं सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था

कैग सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कैग की रिपोर्ट में अगर अनियमितताएं सामने आई या जानबूझकर इसमें गड़बड़ी पाई गयी तो इसके लिए जिम्मेदार बड़े से बड़े अधिकारी के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनियमितता करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा राज्यपाल भेंट राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति समृद्वशाली है सभी को एक दूसरे की संस्कृति परम्पराओं भाषाओं और विश्वासों को जानना और उनका सम्मान करना चाहिये

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और सौहार्द में छात्र छात्राएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिये यहां के विभिन्न भागों के छात्र छात्राओं का आपसी संवाद भ्रमण और विचारों का आदान प्रदान निरन्तर जारी रहना चाहिये आपको बता दें कि सातवीं और आठवीं कक्षा के स्कूली छात्र असम के सीमान्त क्षेत्र से हैं जो सेना द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता भ्रमण के तहत देहरादून में आए हैं उत्तराखण्ड भ्रमण के साथ ही यह छात्र दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और अन्य ऐतिहासिक स्थल अमृतसर स्वर्ण मंदिर जलियावाला बाग वाघा सीमा और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण करेंगे पर्वत दिवस अल्मोड़ा में पर्वत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक माउंटेन एकेडमी बनाने की योजना तय की गई जो सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों पर कार्य करेगी तीन दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद एक प्रेस वार्ता में जीबी पन्त पर्यावरण संस्थान के निदेशक आर एस रावल ने बताया कि इस एकेडमी के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया जाएगा

सम्मेलन में हिमालयी और पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के असर पर चिंता व्यक्त की गई प्रेस वार्ता में मौजूद पर्यावरण वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस तेजी से दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है वह हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खतरे की घंटी है अगर इसको तत्काल समय रहते रोका नहीं गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे वैज्ञानिकों का कहना है कि जितना तामपान मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेगा उससे डेढ़ गुना ज्यादा तामपान पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ेगा मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है वहीं चारों धाम सहित उंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है आज सुबह से ही अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और पर्वतीय जिलों के उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई थी चमोली टिहरी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत अल्मोड़ा जिले कें ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात हुआ बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है जिससे मौसम बेहद सर्द हो गया है इससे जनजीवन पर असर पड़ा है ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव जलाए और जरूरी कामकाज के लिए ही घर से बाहर निकले बाजारों से आज चहल पहल गायब रही हालांकि यह बारिश और बर्फबारी फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक कल भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कुछ जिलों में कक्षा एक से बारहवीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कल अवकाश घोषित किया गया है कोसी पुनर्जनन अभियान कुमाऊं मण्डल आयुक्त राजीव रौतेला ने कोसी पुनर्जनन अभियान को एक जन अभियान के रूप में आगे बढ़ाने के निर्देश दिये हैं अधिकारियों के साथ बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चत करने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के लिए महीने में एक बार कोसी दिवस के रूप में मनाया जाए इस दिवस पर कुछ न कुछ गतिविधियां कोसी कैचमैण्ट क्षेत्र में कराने के उन्होंने निर्देश दिये

इसके प्रशासन स्वच्छ और ग्रीन कुंभ को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों में जुटा है मुख्य नगर आयुक्त उदय सिंह राणा के मुताबिक कुंभ को भव्य और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम हरिद्वार ने मेलाधिकारी को अंडर ग्राउंड डस्टबिन का प्रपोजल भेज है साथ ही नगर निगम नई और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं को भी मेले में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है मेले में स्वीपिंग मशीन अंडरग्राउंड डस्टबिन सेंसर वाली लाइटें आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा विशाल कुश्ती दंगल नशा मुक्ति अभियान के तहत रुद्रपुर में चल रही राष्ट्रीय एकता विशाल कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में देशभर से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया राष्ट्रीय विशाल कृश्ती दंगल के श्भारंभ के मौके पर विधायक राजकुमार दुकराल ने कहा कि नशा उन्मूलन के लिए हुई इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से आये पहलवान प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट की अवधारणा को पूरा कर रहे हैं

प्रतिभागियों का भी कहना है कि नशामुक्ति अभियान के तहत आयोजित यह दंगल एकता का प्रतीक है इस दंगल के माध्यम से नशे के खिलाफ समाज में एक सन्देश जायेगा

कोर्ट ने जिलाधिकारी से शपथ पत्र के साथ आज तक अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है

अनुसूया मेला चमोली में संतानदायिनी शक्ति शिरोमणि माता अनसूया का दो दिवसीय मेला कल से शुरू हो गया है

मेले के दौरान पूरे पैदल मार्ग में सुरक्षा के भी कडे इंतेजाम किए गए है क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून में असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर सीएनआरटी तथा एडिटोरियल रिपोर्टिंग हेतु असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल एडिटर रिपोर्टर के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थी आकाशवाणी देहरादून केंद्र हरिद्वार बाइपास रोड निकट रिस्पना पुल से कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं